संबल योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छोटे व्यापारियों को प्राकृतिक आपदा के समय मिलने वाली क्षति पूर्ति राशि की अधिकतम सीमा सोलह हजार से बढ़ाकर एक लाख रूपये करने की घोषणा की है श्री चौहान आज भोपाल के लाल परेड़ मैदान में आयोजित संबल योजना के तहत नगरीय निकायों में छोटे व्यवसायियों को लाभ देने वाले हितग्राही सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष सरकार की गांरटी पर बैकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक लाख साठ हजार छोटे व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ऋण राशि का पंद्रह प्रतिशत अनुदान और पांच प्रतिशत ब्याज भी सरकार द्वारा दिया जाएगा

साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद विदिशा देवास उज्जैन जबलपुर और ग्वालियर के हितग्राहियों से सीधा संवाद किया इसी तरह के आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में किये जा रहे है

खंडवा में स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने छतरपुर में पिछडा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याणमंत्री ललिता यादव ने दतिया में जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र बुरहानपुर में महिला बाल विकास अर्चना चिटनिस ने हितग्राहियों को अनुग्रह राशि वितरित की

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से सुबह ग्यारह बजे प्रसारित किया जायेगा निर्वाचन आयोग बैठक केन्द्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव सुधारो के बारे में सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त दलों के साथ नई दिल्ली में सोमवार को बैठक करेगा इस बैठक की कार्य सूची में मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता पर चर्चा भी शामिल है आयोग द्वारा लोकसभा और विघानसभा के आगामी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों से मतदाता सूची में पारदर्शिता और समावेशिता में सुधार लाने के उपायों के बारे में राय मांगी जाएगी बैठक में राजनैतिक दलों और विधान परिषद चुनाव के लिये खर्च सीमा तय करने संबंधी मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा

ग्रांउड रिपोर्ट जन औषधि केन्द्र केन्द्र सरकार की जन औषधि केन्द्र योजना के सार्थक परिणाम प्रदेश में सामने आ रहे है इस योजना के तहत प्रदेश में तीस से अधिक केन्द्र खोले गये है इसी कड़ी में अशोक नगर में खोले गये जन औषधि केन्द्र से आम नागरिक सस्ती दर पर दवाइयां ले रहे है

इस मौके पर बाजार आकर्षक ढंग से सजे हुए है और विभिन्न प्रकार की राखियों के स्टाल लगे हुए है रिमझिम फुहारों के बीच भी राजधानी भोपाल सहित जबलपुर इंदौर ग्वालियर तथा अन्य सभी शहरों में आज दिन भर बाजारों में खरीददारी के लिये भारी भीड़ रही भीड के मददेनजर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आयी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राज्यपाल आनंदी बेन पटेल सहित सभी प्रमुख नेताओं ने प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है इंदौर की महापौर ने कल रक्षा बंधन पर सिटी बसों में महिलाओं के लिये निशुल्क यात्रा की घोषणा की जुता विवाद मध्यप्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों को सरकार की ओर से बांटे गए जूते चप्पलों में खतरनाक कैंसरकारी रसायन एजैडओ मिलने संबंधित आरोपों पर सफाई देते हुए प्रदेश के वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने कहा कि हितग्राहियों को वितरित किसी जूते चप्पल में ऐसा कोई हानिकारक तत्व नहीं है

उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक ट्वीट में कहा कि ये खुलासा चिंतनीय है और आदिवासियों की जान से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जासकती श्री कमलनाथ ने सवाल किया कि बगैर जाँच के लाखों जूते चप्पल कैसे बांट दिए गए इसका दोषी कौन है उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है अस्थि कलश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटलबिहारी बाजपेयी के अस्थि कलश को आज भोपाल से लेकर होशंगाबाद पहुंचे जहां उसे नर्मदा नदी में विसर्जित किया गया इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे इसी तरह के अस्थि कलश विसर्जन सतना पन्ना देवास झाबुआ सहित अन्य स्थानों पर भी हुए शिवराज चिट्ठी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की महिलाओं को पत्र लिखकर रक्षा बंधन की शुभकामनाएं दी है

जबकि रीवा सागर शहडोल एवं चंबल संभाग में भी बारिश होने की संभावना है प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में हल्की से मध्य वर्षा के आसार है मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों का चक्रवात के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश में भी वर्षा गतिविधियों के बढ़ने के आसार है

आज सुबह से ही राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में आसमान में बादल छाये हुए है